जैसलमेर के लाठी गांव में कल उपजे तनाव के बाद हालात नियंत्रण में गांव में पुलिस का जाब्ता तैनात हॉकी विश्वकप में भारत का अंतिम लीग मुकाबला आज शाम कनाडा से होगा

इस चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में करीब डेढ प्रतिशत मतदान कम हुआ

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि शाम पांच बजे करीब पांच हजार से ज्यादा मतदान केंद्रों पर तीन लाख से अधिक मतदाता कतार में लगे रहे श्री कमार ने कहा कि मतदान केंद्र के अंदर कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी कई स्थानों पर ईवीएम में खराबी आने के कारण कुछ देर के लिये मतदान प्रभावित हुआ बाद में नई मशीन लगाकर मतदान फिर से शुरू करवा दिया गया लोकतंत्र के इस महापर्व में यूवा महिला और सौ वर्ष से अधिक उम्र तक के लोगों ने जोश और उत्साह के साथ भाग लिया श्री कुमार ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि राज्य में मतदान के इस महापर्व में प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों पुलिस अधिकारियों और निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी कार्मिकों की कर्तव्यपरायणता और समर्पण की भावना से ये चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो सका कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान के लिये सभी मतदाताओं और चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों कर्मचारियों और पुलिस तथा सुरक्षा बलों का आभार जताया है

इसके लिये कल मतदान के बाद सभी ईवीएम और वीवीपेट मशीनें भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी मतदान केन्द्रों से जिला मुख्यालयों पर बनाये गये स्ट्रॉग रूम में रखवा दी गई इन मतगणना कन्द्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये है जयपुर में कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम और वीवीपैट मशीने रखवाई गई है बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल मतदान के बाद सभी ईवीएम मशीनें जिला मुख्यालय पर पॉलोटेक्निक कॉलज में बनाये गये स्ट्रॉग रूम में सुरक्षा व्यवस्था के बीच जमा करवा दी गई है

हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस प्रतियोगिता को दो श्रेणियों में बांटा गया हैं

जैसलमेर जिले के लाठी गांव में कल दो पक्षों में हुई झडप से उपजे तनाव के बाद फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हई है गांव में पूलिस का जाब्ता तैनात किया हुआ है हमारे संवाददाता ने बताया कि घटना को लेकर जोधप्र रेंज के प्रलिस महानिरीक्षक संर्जीव कुमार नार्जारी ने गांव का दौरा कर आरोपियों के खिलाफ संख्त कार्रवाई के निर्देश दिये है वहीं पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अपवाहों पर ध्यान ना दें

यह दोनो युवक मोटरसाईकिल पर सवार होकर अपने गांव वोट देने आ रहे थे इस बीच उनकी मोटरसाईकिल तेज रफ्तार में बेकाबू होकर पेड से टकरा गई